कल जारी सकल घरेलू उत्पाद के आकड़ों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए छह दशमलव एक और अगले वित्त वर्ष के लिए सात प्रतिशत की विकास दर को भविष्यवाणी की है

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और निवेश तथा उपमोग के क्षेत्र में इसमें वृद्धि होने की पर्याप्त संभावना है गौरतलब है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के दौरान कम होकर साढ़े चार प्रतिशत दर्ज हुई जो छह वर्ष में सबसे कम है सोने के आभूषणों और सोने से निर्मित अन्य वस्तुओ पर अब हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी और ऐसा नहीं करने पर निर्माता पर एक लाख रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकेगी

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समयसीमा एक दिसंबर तय की थी लेकिन नागरिकों को फास्ट टैग लेने के लिए पर्याप्त वक्त देने के उददेश्य से समय सीमा में बढोतरी की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम कार्य का शुभारम्भ किया इस म्यूजियम से प्रदेश की वैभवशाली विरासत महान स्वतंत्रता सेनानियों महापुरूषों और नीति निर्माताओं के त्याग बलिदान और योगदान की जानकारी नई पीढी को मिल सकेगी इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि रियासत काल से आध्रनिक राजस्थान बनने तक का हमारे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है

जैसलमेर में भारतीय सेना के युद्धाभ्यास का सिन्धु दर्शन का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ दुश्मन देश को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए भारतीय सेना की सुदर्शन चक स्ट्राइक कोर वायु सेना के साथ मिलकर ये अभ्यास कर रही है पूर्वाभ्यास के तौर पर रेगिस्तान में पिछले कई दिनों र्स भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन कर रही है सीकर में आज से राज्यस्तरीय विज्ञान मेला शुरू हो रहा है

मेले के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और विज्ञान कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी

अधिक्षण अभियंता ने बताया कि जुर्माना जमा नहीं कराने पर दोषियों पर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे नर्मदा नहर में जालौर जिले के लिए पानी देने की मांग को लेकर कल राजस्थान और ग्जरात के नर्मदा परियोजना से जुडे अधिकारियों की बैठक हुई इसमें किसानों के लिए पर्याप्त पानी छोडने की मांग की गई

अगले तीन दिनों में जालोर जिले के किसानों को उनके हिस्से का पानी मिल सकेगा हनुमानगढ जिले में नोहर भादरा मार्ग पर आज सुबह एक यात्री वाहन और ट्रक की टक्कर में तीन जनों की मौत हो गई और चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए

हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के बाद प्रदेश में सर्दी का असर बढ गया है